प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की शासन प्रणाली नीतियों से निर्देशित है और देश में करों में स्थिरता है तथा कराधान का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है आज कम्पाला में भारत युगांडा व्यापारिक मंच की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेश करना बड़ा आसान है उन्होंने कहा कि दोनों देशों क बीच व्यापार की अनुकूल स्थितियों का पूरा फायदा उठाया जाना चाहिए

हमारे बीच में ट्रेड इम्बैलेंस है और युगांडा का यह हक बनता है कि भारत ट्रेड बैलेंस के लिए दो चार दस कदम आगे चलना पड़े तो चलना चाहिए

श्री मोदी अफ्रीका के तीन की देशों के दौरे के दूसरे चरण में युगांडा में हैं कम्पाला में श्री मोदी और युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस बल को अपने परम्परागत स्वरूप से बाहर निकलने और आधुनिक जरूरतों के अनुसार अपने को तैयार करने का आहवान किया है पुलिस के नवनियुक्त तैंतीस हजार आरक्षियों के प्रशिक्षण सत्र का आज लखनऊ में उद्घाटन करते हुए उन्हाने कहा कि अपराध की प्रकृति और अपराधियों की प्रवृत्तियों में परिवर्तन आया हैं पुलिस को उनके अनुसार अपने को बदलना होगा उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उपयोग पुलिस बल को मजबूती पुलिस के प्रति जन विश्वास बढ़ाने और लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करन के लिए किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है पिछले एक वर्ष के दौरान कानून व्यवस्था में सुधार और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए पुलिस की भूमिका की तारीफ करते हुए श्री योगी ने कहा कि इससे प्रदेश की छवि बदली है और औद्योगिक घरानों द्वारा राज्य में निवेश के लिए रूचि दिखाई जा रही है उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार लाखों युवकों को रोजगार देने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगी वचुवल क्लास के माध्यम से श्री योगी ने उन्तीस प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण की शुरूआत की प्रारम्भ में पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण गोपाल गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के पुलिस कर्मियों और पीएसी के जवानों को केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और आपदा प्रबंधन साइबर अपराध सर्विलांस तकनीक यातायात प्रबंधन भीड़ नियंत्रण जैसे विषयों को नये पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है इसी क्रम में प्रदेश में मंडी स्थलों को आध्निक बनाने और किसानों के लिए वहां सभी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की कल हुई एक सौ पचपनवीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक किसान मंडी की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश की दो सौ उन्नीस मंडियों और इकतीस प्रमुख उप मंडियों में सीसी टीवी कैमरे लगाये जायेंगे इसके साथ ही पहले चरण में पच्चीस नवीन मंडी स्थलों का विकास किया जायेगा जिसके तहत मंडियों में किसानों के लिए आधुनिक स्वागत कक्ष वाई फाई की सुविधा कोल्ड स्टोरेज और कूड़ा निस्तारण के लिए उन्नत व्यवस्था लागू की जायेगी कृषि उपजों को खराब होने से बचाने के लिए प्लास्टिक की क्रेट और तिरपाल दिये जायेंगे इसके साथ ही प्रदेश में पहले से संचालित एक सौ पचास हाटों का आधुनिकीकरण भी होगा सरकार पूर्वांचल के मशहूर कालानमक चावल के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए शोध अनुदान भी देगी सरकार कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी प्रोत्साहन अनुदान योजना भी शुरू करेगी

आज राजधानी लखनऊ में जारी एक बयान में उन्होंने विपक्षी दलों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा संगठन लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का नैतिक हक विपक्ष के पास नहीं है उन्होंने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के आगामी लखनऊ दौरे से प्रदेश में विकास योजनाओं को रफ्तार मिलेगी

प्रदेश के कई हिस्सों में आज अच्छी बारिश होने से किसानों ने राहत की सांस ली है आज प्रदेश में फैजाबाद बाराबंकी सीतापुर लखनऊ रायबरेली कानपुर उन्नाव फर्रूखाबाद मुरादाबाद पीलीभीत और बस्ती के साथ ही बुन्देलखंड के जिलों में अच्छी बारिश होने के समाचार मिले हैं राजधानी लखनऊ में भी आज दोपहर बाद तेज बारिश हुई मानसून की शुरूआत के बाद से ही प्रदेश में अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हो पाई थी जिससे धान की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था विशेषतौर पर कई जिलों में सत्तर से अस्सी फीसदी कम बारिश इस माह दर्ज की गई थी लेकिन आज की बारिश से किसानों को काफी राहत मिली है हमीरपुर से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि लम्बे वक्त के बाद बुन्देलखंड के इलाके में हुई अच्छी बारिश से किसान खूश है एक रिपोर्ट जनपद हमीरपुर में रुक रुक कर दिन भर हुयी झमाझम वर्षा से किसानों ने चन की सास ली है खरीफ की फसल में अरहर ज्वार बाजरा तिल मूंगफली की बुआई की तैयारी में बैठे किसानों को राहत ही नहीं मिल गयी बल्कि खरीफ फसल के लिये बढ़ाये गये आच्छादित क्षेत्र में भी आसानी बुआई हो सकेगी और रोपित किये जा रहे पौधों को भी पर्याप्त नमी मिलेगी जिला कृषि अधिकारी सरसकुमार तिवारी ने बताया कि बुन्देलखण्ड की किसानी वर्षा पर आधारित है छिट पुट वर्षा को यदि छोंड दे तो पहली मानसूनी यह अच्छी वर्षा है देर से ही सही पर्याप्त वर्षा हुई है शिवकुमार सेठी आकाशवाणी समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपन विचार साझा करेंगे

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं